एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखे हुए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा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

केवल वे स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे जहां अभी परीक्षाएं जारी हैं

ऐसा ऐहतियाती उपाय के रूप में किया गया है इसके अलावा राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर और चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी अगले आदेश तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा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 लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न कर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 इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनने अथवा मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखने की सलाह दी गई है

प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे के मददेनजर राज्य सरकार सभी ऐहतियाती कदम उठा रही है

इस दौरान सिर्फ वही संस्थान खुलेंगे जहां परीक्षाएं पूर्व निर्धारित हैं

मूख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोग घबरायें नहीं बल्कि आवश्यक उपाय और बचाव के तरीके अपनाएं उन्होंने बड़े कार्यक्रमों का आयोजन न करने की सलाह दी है

उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में और सभी चौबीस मेडिकल कालेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर इक्कीस प्रतिशत करने को मंजूरी प्रदान कर दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि इससे सरकारी खजाने पर लगभग चौदह हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा इससे अड़तालीस लाख सरकारी कर्मचारियों और पैसठ लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा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

उन्होंने दिल्ली में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए कल यह स्पष्टीकरण दिया बाइट एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था इसमें भी नहीं मांगा जाएगा उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें उसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर के दी है कि जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिए हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जनहानि पशुहानि और मकान प्रभावित व्यक्तियों को चौबीस घंटे क अंदर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं दैवीय आपदा के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत कार्यो में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी पीलीभीत बिजनौर सीतापुर चंदौली मुजफ्फरनगर बागपत जौनपुर चित्रकूट कानपुर बलरामपुर बांदा और बस्ती सहित कई जनपदों में वर्षा और ओलावृष्टि से गेहूं सरसों और मटर की फसलों को काफी नुकसान हुआ है अयोध्या जनपद में थाना महराजगंज के अन्तर्गत भीषण ऑधी तूफान से मचान गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं सिद्धार्थनगर और जौनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया सीतापुर में एक बच्ची की छप्पर के नीचे दबकर मौत हो गयी दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव में दुष्कर्म पीडिता के पिता की हत्या के मामले में भाजपा से निष्कासित और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज दस साल की कैद की सजा सुनाई है जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को पीडिता के परिवार को दस दस लाख रूपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है